राज्य सरकार ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने का फैसला किया प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन मतदाताओं की संख्या में करीब तीन लाख छियासठ हजार की बढ़ोत्तरी हुई कथित सीडी कांड मामले में गिरफ्तार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को सीबीआई कोर्ट ने आज जमानत दी

आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा भर्ती नियम में संशोधन करते हुए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है इसके तहत सुबेदार उपनिरीक्षक संवर्ग और प्लाट्न कमाण्डर के पदों पर होने वाले नियुक्ति में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी इसके साथ ही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मापदंडों में भी परिवर्तन किए गए हैं इन पदों पर नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष आवेदकों के लिए न्यूनतम उंचाई एक सौ तिरसठ सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए अटहत्तर सेंटीमीटर और फुलाने पर तिरासी सेंटीमीटर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में माओवादियों के आत्मसमर्पण के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया इसके तहत हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को दिए जाने वाले अनुग्रह राशि बढ़ा दी गई है इस निर्णय के अनुसार रॉकेट लांचर चौरासी एमएम के साथ आत्मसमर्पण करने पर माओवादियों को अधिकतम पांच लाख रूपये तक की राशि दी जाएगी इसी तरह अन्य हथियारों के साथ समर्पण करने वाले माओवादियों के लिए अलग अलग अनुग्रह राशि तय की गई है गौरतलब है कि राज्य शासन ने सोलह नवंबर दो हजार पंद्रह को जारी आदेश में माओवाद पीड़ित व्यक्तियों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए प्रावधान थे इसके तहत माओवादी यदि हथियार के साथ आत्मसमर्पण करता है तो उन्हें इसके बदले मुआवजे के रूप में शासन द्वारा अनुग्रह राशि दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट फैसला उच्चतम न्यायालय ने विवाहेतर संबंधों को अपराध मानने संबंधी दंड व्यवस्था समाप्त कर दी है प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने व्यवस्था दी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा चार सौ संतानवे गैर संवैधानिक और मनमानी है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहेत्तर संबंध सामाजिक दृष्टि से गलत और तलाक का आधार हो सकते हैं लेकिन यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आते कानून के अनुसार जो पुरूष किसी ऐसी महिला से यौन संबंध बनाएगा जिसके बारे में वह जानता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है और ये संबंध उसके पति की सहमति या जानकारी के बिना बनाया गया है तो यह बलात्कार नहीं कहलायेगा बल्कि वह विवाहेतर संबंध बनाने का दोषी माना जाएगा न्यायमूर्ति इन्द् मल्होत्रा ने कहा कि धारा चार सौ संतानवे संविधान के तहत प्राप्त मूल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने कहा कि इस धारा से महिलाओं की यौन संबंधी स्वतंत्रता का हनन होता है उन्होंने कहा कि सम्मानपूर्वक जीवन के लिए स्वतंत्रता मूल आवश्यकता है और धारा चार सौ संतानवे महिलाओं को विकल्प चुनने से वंचित करती है न्यायालय ने कहा कि इस धारा से महिलाओं के समानता को अधिकार और समान अवसर देने के अधिकार का उल्लंघन होता है नरेन्द्र मोदी पर्यावरण पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार यूएन चैम्पियन्स ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन ने घोषणा की है कि नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रां को नीतिगत नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए उनके प्रयासों को देखते हए यह पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है इस पुरस्कार के माध्यम से वर्ष दो हजार बाईस तक भारत में एक बार में इस्तेमाल लायक प्लास्टिक का चलन समाप्त करने के श्री मोदी के अभूतपूर्व संकल्प को मान्यता दी गई है अटल विकास यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि प्रदेश के लगभग अट्ठाईस लाख मजदूरों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत चार लाख रूपये का निःशुल्क बीमा किया जाएगा इस योजना के अनुसार सामान्य मृत्यू की दशा में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख रूपए और दुर्घटना जनित मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो लाख रूपए संबंधित व्यक्ति के परिवार के नामांकित सदस्य को दिए जाएंगे मुख्यमंत्री ने प्रदेशव्यापी विकास यात्रा के तहत कल बेमेतरा जिले के साजा में आयोजित आमसभा में यह घोषणा की इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत श्रमिकों के लिए बीमा प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया

इसके अनुसार राज्य में तीन लाख छियासठ हजार तीन सौ चौरासी मतदाता बढ़ गए हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में बताया कि राज्य में कूल एक करोड़ पचासी लाख पैंतालीस हजार आठ सौ उन्नीस मतदाता हैं इनमें बयानवे लाख पंचानवे हजार तीन सौ एक पुरूष और बयानवे लाख उनचास हजार चार सौ उनसठ महिला मतदाता शामिल हैं उन्होंने बताया कि राज्य के इकसठ फीसदी मतदाताओं की उम्र चालीस और बत्तीस फीसदी मतदाताओं की उम्र तीस से कम है श्री साह ने बताया कि प्रदेश में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या रायपुर में और सबसे कम नारायणपुर में है मतदान के दिन दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रो पर रैम्प और व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाएगी उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान व्यय निगरानी के तहत उम्मीदवारों द्वारा प्रचार प्रसार में खर्च करने की राशि पर भी चुनाव आयोग लगातार नजर रखेगी प्रत्याशियों की पत्नी और रिश्तेदार पर एक लाख रूपये से अधिक निकासी पर आयोग की पैनी नजर रहेगी इसके अलावा सभी खर्च की मानक दर आयोग तय करेगा इस संबंध में सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है श्री साहू ने यह भी बताया चुनाव के दौरान आबकारी विभाग के अधिकारियों को शराब के अवैध वितरण और अवैध परिवहन के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही सभी कार्रवाई की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने को भी कहा गया है उन्होंने बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान हैदराबाद की आईसीआईएल कंपनी की ईव्हीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा भूपेश बघेल जमानत कथित सीडी कांड मामले में गिरफ्तार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है भूपेश बघेल को एक लाख रूपये के मुचलके पर रिहा किया गया है सीबीआई कोर्ट ने श्री बघेल के विदेश जाने पर रोक लगा दी है गौरतलब है कि बीते सोमवार को कोर्ट ने सीडी कांड मामले में भूपेश बघेल को दोषी पाए जाने पर चौदह दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था कोर्ट के फैसले के बाद भूपेश बघेल ने जमानत लेने से इंकार कर दिया था इस बीच आज प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में श्री बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दीं वस्तु सीमा शुल्क केंद्र सरकार ने गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने के उद्देश्य से विमान ईंधन एसी और रेफ्रिजरेटर समेत उन्नीस वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है नई दरें आधी रात से लागू हो गई हैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बढ़ रहे चालू खाताओं घाटों और जमा पूंजी को बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार के पांच सूत्रीय उपायों के तहत यह कदम उठाया गया है

इसका उद्देश्य देशभर में पचास एमबीपीएस स्पीड से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है सभी ग्राम पंचायतो में वर्ष दो हजार बीस तक एक जीबीपीएस और दो हजार बाईस तक दस जीबीपीएस की ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी एक तरह से यह डिजिटल संचार नीति दो हजार बारह की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का स्थान ले लेगी विकास निधि बैठक रायपुर और दुर्ग शहरों में कामकाजी महिलाओं तथा छात्राओं के लिए पांच पांच सौ सीटों के छात्रावास भवनों का निर्माण किया जाएगा इन छात्रावास भवनों में महिलाओं और छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था रहेगी यह निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पर्यावरण और अधोसंरचना विकास निधि की बैठक में दिए बैठक में आदिवासी बहल नारायणपुर जिले के युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने और प्रशिक्षित करने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स निर्माण का प्रस्ताव मंजूर किया गया इसके अलावा जिला मुख्यालय राजनांदगांव में दो सौ पचास सीटों का पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भवन बनवाने और सरगुजा जिर्ल के मैनपाट में तिब्बती बसाहटों में सीसी रोड निर्माण के लिए दो करोड़ रूपए राशि की भी मंजूरी दी गई

भिलाई में आगामी उनतीस और तीस सितंबर को मूल निवासी कला साहित्य और फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा इस कार्यक्रम में देशभर से कला साहित्य और फिल्म जगत के कलाकार शिरकत करेंगे कोरबा में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने स्कूल की मांग को लेकर सांसद बंशीलाल महतो से मुलाकात की